प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले के बाबई में एक कार्यक्रम में किसानों से वर्चुअली चर्चा करेंगे

आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नौ करोड से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में अस्सी हजार करोड रुपये से अधिक राशि अंतरित करेंगे प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है यह राशि चार महीने के अंतराल पर दो दो हजार रूपये की तीन समान किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले के बाबई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करेंगे

कार्यक्रम को दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा अन्य चौनलों के माध्यम से सीघे देखा जा सकता है एएसआई स्मारक संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोडकर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निशल्क शूटिंग करने की इजाजत दे दी है

इस अनुमति के बाद प्रदेश के पुरातात्विक महत्व के कई विश्व प्रसिद्ध स्थानों पर शूटिंग की जा सकेगी इसमें खजुराहो ग्वालियर ओरछा मान्डू जैसे स्थान प्रमुखता से शामिल हैं मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर भारतीय भाषा संवर्धन भारतीय परम्परा और संस्कृति स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संघर्ष लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्याक्तियों और संगठनों को शूटिंग पर लगने वाली फीस से छूट दी गई है विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी

इस अभियान में समाजसेवियों स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग लिया जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब स्कूल कॉलेज प्रारंभ हो जायें तब वहाँ नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाये डाक्यूमेन्ट्री फिल्म निर्माण कर उसे व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाये इस अभियान में देश और प्रदेश के लोकप्रिय व्यक्तियों को भी जोड़ा जाये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि जिला स्तर पर संचालित हो रहे दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों को सशक्त बनाया जाये उनकी पहचान स्थापित हो संभागीय स्तर पर ये केन्द्र सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जायें

प्रदेश में सक्रिय कोविड मामलो में कमी आई है

इसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान भोपाल की अभिनव कला परिषद संस्था को दिया जायेगा तानसेन सम्मान के अन्तर्गत पण्डित सतीश व्यास को दो लाख रूपये की राशि सम्मान पट्टिका शाल व श्रीफल प्रदान किए जायेंगे इसी प्रकार राजा मानसिंह तोमर सम्मान के अन्तर्गत संस्था को एक लाख रूपये की राशि सम्मान पट्टिका शाल व श्रीफल प्रदान किए जायेंगे तानसेन सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकार पण्डित सतीश व्यास यशस्वी संगीतज्ञ हैं

इसी के साथ पाँच दिवसीय तानसेन संगीत समारोह आरम्भ होगा क्रिसमस दुनियाभर में आज क्रिसमस का त्यौहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हारों से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं किसमस के अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के चर्च में आज सुबह से विशेष प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं चर्च को पारम्परिक तरिकों से सजाया गया है और इनमें ईसा मसीह की जन्म दिवस की घटनाओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई है

गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा

ये टूर्नामेंट अगले वर्ष आयोजित होने थे